ये मंजूरी मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई

इन संशोधनों से पार्टी चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने दल बदल पर अयोग्य घोषित करने और अविश्वास प्रस्ताव को मजबृत करने का मार्ग प्रशस्त होगा मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी स्वीकृति प्रदान की अन्राग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने को केहा है अनुराग ठाकुर आज धर्मशाला में जिला स्तरीय समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होने कांगड़ा को देश भर में सबसे पहले टीबी कृष्ठ और कृपोषण मुक्त जिला बनाने के लिए विशेष अभियान आरम्भ करने के अधिकारियों को निर्देश दिए उन्होंने इस कार्य में आम जनमानस और जनप्रतिनिधियों का सहयोग सुनिश्चित करने को भी कहा अनराग ठाकर ने अधिकारियों को कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाने को भी कहा ताकि किसानों और बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ की जा सके उन्होंने अधिकारियों को केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर निर्माण के लिए कारगर कदम उठाने को भी कहा

परमार ने आज शिमला में कहा है कि इस बैठक में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा माकपा विधायक राकेश सिंघा और निर्दलीय विधायक हिस्सा लेगें बैठक में सभी दलों से सत्र के सुचारू संचालन के लिए रचनात्मक सहयोग और जनहित से जुडे मुद्दे उठाने का आग्रह किया जाएगा विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमाचल विधानसभा की उच्च परम्पराएं और गरिमा है उन्होंने उम्मीद जताई है कि बजट सत्र के दौरान सदस्य इन परम्पराओं और गरिमा को बनाए रखेंगे

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कूलदीप सिंह राठौर ने आज पार्टी के अन्य नेताओं के साथ शिमला जिला के गुम्मा से छैला तक किसान आन्दोलन के समर्थन में पदयात्रा की इस दौरान राठौर ने केंद्र सरकार से किसानों से बातचीत करने और नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस मौके पर प्रदेश सरकार पर शिमला जिला से हर मामले में भेदभाव का आरोप लगाया पदयात्रा में विधायक मोहन लाल ब्राक्टा पूर्व विधायक रोहित ठाकूर शिमला जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत छाजटा और अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया

विभाग के अनुसार हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है इसके प्रभाव से मौसम में ये बदलाव आयेगा विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना है ये सिलसिला पहली मार्च तक जारी रहेगा और इस दौरान लोगों को फिर से ठंड़ का सामना करना पड़ सकता है योग हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ मार्च में ऑनलाईन राज्यस्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन करेगा

ये बात हिमाचल प्रदेश योगासन खेल के अध्यक्ष डॉक्टर जीडी शर्मा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही